अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ह्यूस्टन के एन आर जी स्टेडियम में ऐतिहासिक हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब पचास हजार भारत वासियों को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ट्रम्प भी विशेष मैत्री सद्भाव के तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे किसी देश का नाम लिये बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को शाह और समर्थन देने के पीछे किसका हाथ है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हैं हाउडी मोदी आयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरिका के राष्ट्रपति और सभी सीनेटरों की उपस्थिति और भारत की प्रगति की चर्चा एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है श्री मोदी ने कहा कि देश न केवल परिवर्तन क्रम में है बल्कि वह चुनौतियों का सामना करते हुए पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है राज्य के स्कूली शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों का पहला सम्मेलन आज राज्य विधानसभा सचिवालय के दोरजी खाण्ड्र सभागार में शुरु हुआ इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर शिक्षा सचिव मधुरानी तेवतिया राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति साकेत कुशवाहा और प्रदेश के स्कूलों के प्रमुख मौजूद थे इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कहा कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने के बावजूद परीक्षाओं में खराब परिणाम चिंता का विषय है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक ऐसी कारगर नीति तैयार करनी होगी जिससे प्रदेश के सभी शिक्षन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि सामाजिक संगठनों और शिक्षा विभाग को मिलकर विद्यालयों का विकास करना होगा इस अवसर पर शिक्षा सचिव मधुरानी तेवतिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और विद्यालयों के प्रमुखों की बैठक से समस्याओं को समझने और शिक्षा में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने में मदद मिलेगी

एन सी सी के कैडेट ईटानगर से असम के गोहपुर होते हुए विश्वनाथ चाराली तक स्थानीय लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरुक करेंगें इस अवसर पर राज्यपाल ने कैडेटो को अपने अंदर एकता देशभक्ति और अनुशासन की भावना बनाए रखने का सुझाव दिया श्री मिश्रा ने उनसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भाग लेने को कहा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत आज ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय के पासीघाट चौक से बी पी जनरल अस्पताल तक एक जागरुकता रैली निकाली गई इस रैली का शुभारंभ जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने किया रैली में जिला उपायुक्त प्रलिस अधीक्षक स्वास्थ्य कर्मियों छात्रों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया बाद में आय़्ष्मान भारत बैठक को सम्बोधित करते हुए सुश्री किन्नी सिंह ने कहा कि जिले के दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के लाभ के बारे में जागरुक करना जरुरी है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मार्च दो हजार ईक्कीस में व्यापक जनगणना कार्यक्रम प्ररा कर लेंगी और पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एन पी आर तैयार किया जाएगा नई दिल्ली के मानसिंह रोड पर आज जनगणना भवन की आधारशिला रखते हुए श्री शाह ने कहा कि पहली बार जनगणना को हर व्यक्ति के विकास का आधार बनाया जाएगा और देश का भविष्य भी इसी से तय होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से अगले रविवार को सवेर ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्ररदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणि और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा